केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कल नई दिल्ली में आयकर रिटर्न से जुडी टाइम सीरीज डाटा जारी किये जिसमें ये जानकारी सामने आई

सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चन्द्रा ने ये आंकडे जारी किये उन्होंने बताया कि नये आंकडों से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा किये गये विधायी और प्रशासनिक उपायों से यह सुधार हआ है

कल रायशुमारी के बाद कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों की बीच लंबी बातचीत हई

झालावाड़ में आमसभा को सम्बोधित करने के बाद राहुल गाँधी यहां से रोड़ शो करते हुए कोटा पहाँचेंगे कोटा जिले को विभिन्न स्थानों से होते हए यह रोड़ शो देर शाम कोटा शहर पहंचेगा जहाँ नयापुरा चौराहे के पास श्री गांधी नुक्कड़ सभा को सम्बोधित करेंगे

इसके बाद उनका सीकर जाने का कार्यक्रम है

श्री गल्होत्रा कोटा शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में रेंज स्तरीय अधिकारियो की बैठक लेंगे बैठक में संभाग में चल रहे क्राइम ग्राफ और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जायेगी इसके बाद श्री गल्होत्रा अभय कमांड सेंटर का दौरा करेंगे

आयोग ने इस दुर्घटना की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नोटिस जारी किये हैं उसने इस बारे में पंजाब सरकार और रेलवे बोर्ड से चार सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमान्डिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी ने जैसलमेर में कोणार्क कोर का दौरा किया इस दौरान उन्होंने अग्रिम क्षेत्रों का निरीक्षण कर सैनिकों से बातचीत की श्री सैनी ने जाट रेजिमेंट की मुल्तान बटालियन के माउंट सतोपय अभियान को ध्वजान्कित किया

इन महिलाओं की निगरानी के लिए एक दल गठित किया गया है श्री सर्राफ ने बताया कि जीका से घबराने की जरूरत नहीं है